उन्होंने कहा कि यदि अच्छी वर्षा होती है तो किसानों को बेहतर उपज भिलेगी और वातावरण भी हरियाली से भरेगा आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे पर्यावरण की रक्षा के लिए वर्षा के पानी का बडे पैमाने पर संचय करें प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के ब्रजूर्ग किसान कामेगौड़ा का जिक्र किया जो अपने इलाके में नये तालाब बना रहे हैं

श्री मोदी ने गुजरात के वड़ोदरा का भी उल्लेख किया जहां स्थानीय निवासियों ने मिलकर एक हजार स्कूलों में वर्षा के जल का संचय किया पचीसी मोक्ष पाटम और गृह्टा जैसे पारम्परिक खेलों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने परिवारों के बुजुर्गों से आग्रह किया कि वे इन खेलों के बारे में नई पीढ़ी को भी जानकारी दें

उन्होंने यह बात एक समाचार एजेंसी को साक्षात्कार में कही भारत द्वारा इन दोनों मुद्दों का सामना एक साथ करने के बारे में पूछे गए सवाल पर गृहमंत्री ने कहा कि देश इन चुनौतियों का समाधान करेगा श्री शाह ने लद्दाख में गतिरोध के मुद्दे पर सरकार की निरन्तर आलोचना करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की निंदा की

राज्यपाल प्रभार उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्यप्रेदश का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है राष्ट्रपति भवन ने कल जारी बयान में यह जानकारी दी आदेश के अनुसार श्रीमति पटेल राज्यपाल लालजी टंडन की अनुपस्थिति में उनका कार्यभार संभालेंगी गौरतलब है कि श्री टंडन की तबीयत खराब है और लखनऊ के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है

सकिय प्रकरणों की संख्या ढ़ाई हजार के आसपास बनी हुई है

उज्जैन से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल जिले में एक भी नया मामला सामने नहीं आया

जिले में आज भी किल कोरोना अभियान का प्रशिक्षण दिया जायेगा

उधर होशंगाबाद में किल कोरोना अभियान की तैयारी शुरू हो गयी है इसी के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है

जिला प्रशासन ने इसके लिए विभिन्न विभागों को लक्ष्य आवंटित कर दिया है इंदौर नगर निगम को सर्वाधिक एक लाख पौधे नगरीय सीमा में लगवाने का लक्ष्य दिया गया है

वहीं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मनरेगा योजना के अंतर्गत जिले की चारों जनपद पंचायतों के क्षेत्रों में पौधारोपण का कार्य करेगा सभी विभागों को इन पौधों की फैसिंग पानी और सुरक्षा व्यवस्था भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं

कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने बताया है कि खिरकिया नगर परिषद के आधा दर्जन से अधिक विकास के प्रस्ताव पर उन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दी है इससे खिरकिया के चौमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त हो गया है श्री पटेल ने बताया कि स्टेडियम निर्माण से खिलाड़ियों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो सकेगी और उन्हें अपने खेल को निखारने और कौशल उन्नयन में सहायता मिल सकेगी आत्मनिर्मर भारत अभियान केन्द्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से किसानों की फसलों को विदेशों तक पहुंचाकर बेहतर दाम दिलवाए जाएंगे इसके लिए इंदौर के विमानतल पर कृषि उत्पाद निर्यात सूविधा केंद्र खोला जाएगा ये बात इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने किसानों के लिए आयोजित आयात निर्यात प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान कही श्री लालवानी ने बताया कि अगर किसान अपने उत्पाद को निर्यात करना चाहता है तो खेत से विमानतल तक का आधा किराया सरकार देती है इसके साथ ही किसानों के लिए खेत में ही प्रोसेसिंग की सुविधा के लिए भी बैंकों से ऋण मिल सकता है कार्यक्रम में आयात निर्यात से जुड़े अधिकारियों और विशेषज्ञों ने किसानों को कृषि उत्पाद को अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचने के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई मौसम बारिश अब खबर मौसम की राजधानी भोपाल और जबलपुर में कल शाम तेज बारिश हुई इसके अलावा दमोह और मंडला में भी हल्की बारिश हुई कुछ स्थानों पर ब्रंदाबांदी होने की खबर है

उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति अगले दो तीन दिन बनी रह सकती है श्री सरवटे ने बताया कि उत्तर पूर्वी मध्यप्रदेश से लेकर मराठवाड़ा तक एक द्रोणिका बनी हुई है

वहीं कटनी में भी आज वितरण केन्द्र स्तर पर शिविर आयोजित किये जायेंगे

वन विभाग के अनुसार आपसी सघर्ष में बाधिन की मौत हुई